सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें होली रंगों का त्योहार होली आज देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने इस बार लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर होली खेलने का आग्रह किया था जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाए दीं विशेष रूप से बच्चों व यूवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए होली मनाई इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखण्डता को और मजबूती प्रदान करेगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व से सामाजिक सौहार्द को और मजबूत बनाने में सहायता भिलती है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं

हिमाचल कोरोना प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं

बिजली चम्बा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के साच स्थित बिजली बोर्ड के पावर हाउस में भूस्खलन के कारण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है पंचायत समिति पांगी के पूर्व अध्यक्ष भानी चंद ठौंकूर ने कहा कि भूस्खलन से पावर हाउस का चैनल क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों को पिछले एक सप्ताह से बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू बनाने की मांग की है भानी चंद ठाकूर ने कहा कि पांगी घाटी में दो मैगावॉट का प्रोजेक्ट स्थापित करने से हमेशा के लिए बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है इस बीच विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता पवन शर्मा ने कहा कि पावर हाउस के चैनल को इसी सप्ताह ठीक कर दिया जाएगा